उपमुख्यमंत्री चाउना मेन जो वित्तीय विभाग कार्यभार को भी संभाले हुए है उन्होंने आज वित्तीय वर्ष दो हजार अटठारह उन्नीस के लिए दो प्रतिशत घाटे वाले उन्नीस हजार दो सौ एकसठ करोड़ रुपए बजट प्रस्तुत किया उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा सेक्टर पर बजट में ज्यादा जोर दिया गया है श्री मैन ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा सेक्टर के नए उपायों को उपलब्ध संसाधनों से बढ़ावा देने के मद्देनजर शराब पर दस प्रतिशत की उपकर लगाया गया है जों आगामी महिने यानी अप्रैल से लागू किया जाएगा श्री मैन ने घोषणा किया कि भारत सरकार की आयुषमान भारत कार्यक्रम के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आश्वासन कार्यक्रम के लिए पचास करोड़ की धनराशि निर्धारित किया गया है बजट में वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में तोमो रिबा इंस्टिट्यूड ऑफ मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए सौ करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है मुख्यमंत्री आधुनिक पाठशाला योजना इस वर्ष भी जारी रहेगा और वित्तीय वर्ष में आठ सौ स्मार्ट कक्षा जोड़ा जाएगा मुख्यमंत्री समस्त शिक्षा योजना के तहत विकेंद्रीकरण योजना और लचीला संसाधन को स्कूलों और कालेजो के जरुरत के हिसाब से सौ करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है श्री मैन ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान और रमसा के कंट्रेकचुएल शिक्षको को योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर प्रासंगिक नियमों में संशोधित कर नियमित किया जाएगा उन्होंने कहा कि एस ए और रमसा शिक्षको का वेतन बाईस प्रतिशत बढ़ाया जाएगा और हर महिने वेतन दिया जाएगा सरकार ने वार्षिक वेतन वृद्धि और मंहगाई भत्ते को आगामी जनवरी दो हजार उन्नीस से लिंक करने का निर्णय लिया है श्री मैन ने नो डिटेनशन पॉलिसी को हटाकर पांचवी और आठवीं कक्ष आमें बोर्ड परीक्षा की शुरुआत करने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि कृषि बागवानी व अन्य सेक्टरों से जूड़े किसानों के लिए मुख्य मंत्री क्रषि समूह योजना का श्रभरंभ सरकार किया जाएगा जिसके लिए चालिस करो ड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है जनजातिय त्योहारों के लिए दस करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जिसे समुदाय आधारित संगठन के साथ परामर्श कर खर्च किया जाएगा इससे पहले पिछले वित्तीय वर्ष में फंड की अनियमितता का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने सत्र की कार्यवाही को बाधित किया और से बाहर निकल गए भालूकपोंग में शानिवार की पाक्के टाइगर रिजर्व ने एक दिवसीय अतिरिक्त हथियार प्राशिक्षण कार्यक्रम चलाया इसमें पाक्के टाईगर रिजर्व एगलेनेस्ट वन्य जीव अभयारण्य नामसाई राष्ट्रीय पार्क और सिनचुंग भूगुन सामुदायिक रिजर्व के एक सौ उन्नीस सीमावर्ती कर्मचारियों ने भाग लिया इसमें चौबीस असम राईफल्स कार्मिक रिसोर्स पर्सन के रुप में मौजूद थे अखिल अरुणाचल छात्र संघ आपसू ने राज्य सरकार से पुलिस विभाग और अन्य विभागों में भर्ती और पद्दोनत प्रक्रिया को मौजूदा अस्सी बीस की अनुपात को बनाए रखने को कहा

छात्र संघ ने आरोपियों और कालेज अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ को जल्द गिरफ्तार करने और कालेज अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अपील की ईस्त सियांग जिला स्थित ऑल आबोतानी किसान सासायटी ए ए एफ एस ने राज्य सरकार से प्रदेश को जैविक राज्य बनाने के लिए पॉलिसी तैयार करने की मांग की प्रगतिशिल किसान तागेमांग ताताक और रामयेक मेलोंग की नेतृत्व में ऑल आबोतानी सोसायटी ने ईस्ट सियांग उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपते हुए सोमवार को सिक्किम प्रदेश घोषित करने के लिए पहल करने की अपील की

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा का मानना है कि इन मामलों की जांच में काफी लंबा समय लग गया है और देश के लोगों को ऐसे संवेदनशील मामलों में अंधेरे में नहीम रखा जा सकता